और प्रदेश में आईटीआई की डिग्री को इंटरमीडिएट के समकक्ष मिली मान्यता

पटना में पत्रकारों से उन्होंने कहा कि कोई मजबूत गठबंधन सामने आये तब उसका विश्लेषण किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है इसमें कोई मतभेद नहीं है उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है समय आने पर सहयोगी दलों से बातचीत कर सीटों का बंटवारों कर लिया जायेगा उधर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि एनडीए में कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं है लोकतंत्र में जनता बड़ा भाई है नेता सेवक होते हैं उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राजनीतिक दलों में इस बात की स्पर्धा होनी चाहिए कि कौन कितना ज्यादा सेवा जनता की करता है प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के दो हजार चार सौ तिहत्तर विभिन्न पदों के लिये हुए उप चुनाव की मतगणना आज हो रही है राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दूर्गेश नंदन ने बताया कि मतगणना के लिए विशेष व्यवस्था की गयी हैं गौरतलब है कि रविवार को हुए उप चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य के छह सौ चौदह ग्राम कचहरी पंच के एक हजार सात सौ बीस पंचायत समिति सदस्य के अड़तीस मुखिया के पैंतालीस और जिला परिषद सदस्य के दस पदों के लिये मतदान हुआ था कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य के लिए राज्य की दो महिलाओं को राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा बांका जिले के झिरवा गांव निवासी विनिता कुमारी और रिंकू देवी का चयन जगजीवन राम कृषि अभिनव नवाचार पुरस्कार के लिए किया गया है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह सोलह जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित करेंगे इन महिलाओं ने मशरूम की खेती में उत्कृष्ठ कार्य किया है राज्य सरकार ने आईटीआई की डिग्री को अब इंटरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी है शिक्षा विभाग ने श्रम संसाधन विभाग के इस संबंध में लाये प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है शिक्षा विभाग ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार इंटरमीडिएट के समकक्ष डिग्री की मान्यता मिलने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को सुविधा होगी राज्य सरकार ने एक सौ इकतालीस नगर निकायों के लिए चार सौ संतानवे करोड़ पच्चीस लाख रूपये की दूसरी किस्त की राशि को आवंटित कर दिया है नगर विकास एवं आवास विभाग ने पंचम वित्त आयोग मद से इस राशि का आवंटन किया है इस मद में बारह नगर निगमों को दो सौ पैंतीस करोड़ तैतालीस नगर परिषदों को एक सौ अंठावन करोड चौसठ लाख और छियासी नगर पंचायतों को एक सौ तीन करोड़ उनसठ लाख रूपये आवंटित किये गये हैं विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मंडल ने बताया कि नगर निकायों को कुल आवंटित राशि के बीस प्रतिशत का व्यय मुख्यमंत्री शहरी नली गली निश्चय योजना के लिए किया जायेगा जबकि तीस प्रतिशत राशि का व्यय मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के लिए किया जायेगा बिहार की प्रमुख नदियों कोसी गंडक कमला बलान महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश होने के कारण इनके जलस्तर में लगातार बढोतरी हो रही है जिससे मुजफ्फरपुर पूर्णियां सुपौल सहरसा मधेपुरा और दरभंगा जिले के कई नये इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है सुपौल में तटबंध के अंदर कई गांवों में बाढ़ की रिथति बनी हुई है उधर बाढ़ की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ग्रस्त जिलों को सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में तेजी का भी निर्देश दिये गये हैं इधर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर पड़ गया है जिसके कारण अधिकांश हिस्सों में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इधर मौसम विभाग ने तेरह जुलाई के बाद ही राज्य में बारिश की संभावना जतायी है विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिससे तूफान की स्थिति बनने की आशंका है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिम चंपारण तथा सीतामढ़ी जिले में दो मिली मीटर वर्षा रिकार्ड की गयी जबकि प्रदेश के शेष हिस्से में सूखे जैसी रिथति रही है इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि नौ जुलाई से बढ़कर बारह जुलाई कर दी गयी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि ओएफएसएस के माध्यम से अब तक आठ लाख चौवन हजार से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं उन्होंने बताया कि आवेदन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए हेल्प सेंटर भी बनाया गया है इसके अलावा कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क बनाये गये हैं राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की उत्तरप्रस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए नया नियम बनायेगी ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका समान लाभ मिल सके मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने लोक संवाद कार्यक्रम में आये एक सुझाव के संदर्भ में यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से बात करने का निर्देश दिया राज्य सरकार ने बीस जुलाई तक श्रावणी मेले की तैयारी को पूरा करने का निर्देश भागलपुर बांका और मुंगेर जिला प्रशासन को दिया है मेले की तैयारी की समीक्षा करते हुए विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा ने कहा कि कांवरिया पथों पर नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जाए इसके साथ ही कांवरियों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम का निर्देश भी दिया पटना की शमां परवीन का चयन अगले महीने जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी टीम में हुआ है

इधर इस वर्ष पटना में होने वाले प्रो कबड्डी लीग मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है

छपरा जिले के रहने वाले अमित कुमार दूबे श्रीलंका का दौरा कर रही भारतीय अंडर नाईनटीन टीम के फिजियो बनाये गये हैं पटना जिला सीनियर डिवीजन फुटबॉल लीग के एक मुकाबले में दानापुर यूनाईटेड फ्टबॉल क्लब ने मूनलाइट क्लब को छह शून्य से पराजित कर दिया वहीं एक अन्य मुकाबले में राज मिल्क की टीम ने भारतीय खाद्य निगम के खिलाफ वाक ओवर से जीत दर्ज की अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने निर्भया कांड से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने लिखा है निर्भया के गुनाहगार फांसी पर ही लटकेंगे प्रभात खबर का शीर्षक है निर्भया कांड के दोषियों की मौत की सजा बरकरार इस खबर को अन्य अखबारों ने भी आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को भी तरजीह दी है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीए के खिलाफ नहीं किसी गठबंधन का वजूद दैनिक जागरण ने लोक संवाद से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है शीर्षक लगाया है बिल्डरों पर भी कसेगा लोक शिकायत एक्ट का फंडा इसी अखबार ने पटना जिले के फतुहा में एक स्कूल होस्टल में छह वर्षीय एक मासूम की गला दबाकर हत्या किये जाने की खबर को प्रमुखता दी है प्रभात खबर ने लोक गायक भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर विशेष खबर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है उन्मादी समय में उम्मीद का सितारा

और प्रदेश में आईटीआई की डिग्री को इंटरमीडिएट के समकक्ष मिली मान्यता